राज्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास जारी

सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और सभी पात्र लोग बेहिचक टीका लगवाएं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

मंत्री समूह की रिपोर्ट पर सरकार आज रात और सख्त दिशा निर्देश जारी कर सकती है सरकार का रूख देखते हुए माना जा रहा है कि प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन लागू हो सकता है साथ ही शादी समारोहों पर पूरी तरह रोक लग सकती है इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एक ट्वीट कर कहा कि अब पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाने का विकल्प बचा है श्री गहलोत ने कहा कि ऑक्सीजन दवाईयों के बाद देश में मेडिकल स्टाफ की भी कमी हो सकती है उन्होंने बताया कि स्थिति से निपटने के लिये देशव्यापी सुनियोजित लॉकडाउन की जरूरत है दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने भी प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन की मांग की है पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने एक बयान में कहा कि एक के बाद एक आदेश जारी करने से काम नहीं चलेगा राज्य सरकार को संपूर्ण लॉकडाउन की तुरंत घोषणा करनी चाहिए

टोंक में कोविड़ केयर सेंटर में ऑक्सीजन की सुविधा के लिये राज्य आपदा निधि में आवंटित बजट से एक करोड़ रूपये से अधिक की राशि मंजूरी की गई है इससे ऑक्सीजन कंसन्ट्रैटर ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य मशीन खरीदी जायेंगी

उदयपुर में लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट की सक्षमा एक हजार सिलेंडर रोजाना की होगी टोंक जिले के देवली में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाया जायेगा अजमेर के जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में चार आक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू हो गया है

जिला कलक्टर ने बताया कि अस्पताल में डॉक्टरों के खाली पंदों पर जल्दी ही भर्ती की जायेगी सिरोही में जिला मुख्यालय और आबूरोड मानसरोवर स्थित कोविड सेंटर में सीसीटीसी कैमरे लगाये गये है इन कैमरों के लग जाने से वहां भर्ती कोविड मरीजों के परिजन कोविड वार्ड में मरीजा के पास न जाकर सीसीटीवी कैमरों की मदद से भर्ती मरीज के बारे में जानकारी ले सकते है वहीं विभिन्न जनप्रतिनिधि कोविड से राहत के लिये आर्थिक मदद देने में आगे आ रहे है

टोंक विधायक सचिन पायलट ने आज अचानक टोंक पहुंच कर अधिकारियों से कोरोना के हालात का फीडबैक लिया श्री पायलट ने जिला कलक्टर चिन्मयी गोपाल सहित चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए इसी तरह जोधपुर के रेल्वे अस्व्यताल में ऑक्सीजन प्लांट का परीक्षण शुरू हो गया है

इसे मिलाकर कल संक्रमित लोगों की संख्या दो करोड़ दस लाख से अधिक हो गई है

प्रदेश में आज भी बड़ी संख्या में कोरोना संकमण के मामले सामने आये हैं

सोड़ाला टोंक रोड़ समेत जयपुर शहर के कई इलाकों के अलावा अब गांवों भी संकमित मिल रहे हैं

जयपुर और जोधपुर के बाद उदयपुर जिला भी कोविड संकमण से सबसे ज्यादा प्रभावित है

बीकानेर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी सुकमार कश्यप ने बताया कि किसी भी मरीज को घबराने की आवश्यकता नहीं है

श्री मोदी ने कहा कि राज्यों को चिकित्सा संबंधी बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सहायता और दिशा निर्देश दिए जाएं प्रधानमंत्री ने दवाओं की उपलब्धता और टीकों के बारे में प्रगति और अगले दो महीनों में इनका उत्पादन बढ़ाने के रोड मैप की भी समीक्षा की उन्होंने राज्यों की टीकों की जरूरतों के बारे में भी चर्चा की

श्री मिश्र ने आज राजभवन से राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक को ऑनलाइन सम्बोधित करते हुए जिला प्रशासन के अधीन आवश्यक संसाधनों से लैस पूर्व सैनिकों की टास्क फोर्स का गठन करने का सुझाव दिया

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मीडिया की इन खबरों का खंडन किया है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सीमा शुल्क विभाग के गोदाम में मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं मंत्रालय ने इन खबरों को पूरी तरह गलत और बे ब्र्नियाद बताया केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने स्पष्ट किया कि कस्टम विभाग के गोदाम में ऑक्सीजन का कोई भी कंसंट्रेटर लंबित नहीं है

मुख्यमंत्री ने बीकानेर अलवर भीलवाड़ा एवं जोधप्र में वाणिज्यिक न्यायालय खोलने को मंजूरी दी वहीं जॉलोर सिरोही वैर डूंगरप्र सरदार शहर कदूमर सार्दलपुर बेगू अनूपगढ़ नीमकाथाना तथा गंगापुर सिटी में अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय की स्वीकृति दी है इसके अलावा कई स्थानों पर सिविल न्यायालय तथा विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय एनआई एक्ट खोले जायेंगे

राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशलय जयपूर के उप महानिदेशक एयर कमोडोर एलके जैन ने बताया कि इसे जल्दी ही विश्वविद्यालय में लागू किया जायेगा उन्होंने बताया कि इससे युवाओं को नई दिशा मिलेगी तथा युवाओं के भविष्य के अवसरों में भी बढ़ोतरी होगी

आज बीकानेर में भी हल्की बारिश दर्ज की गयी भरतपूर धोलपूर दौसा में हल्की बारिश हुई

इससे तापमान में कमी आई है जयपुर में शाम को बादल छा गये मौसम विभाग ने आज और कल के लिए राज्य के ज्यादातर हिस्सों में तेज हवाए तथा आंधी का यलो अलर्ट जारी किया है साथ ही कई जिलों में हल्की बारिश की भी संभावना है